मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने आज शिमला स्थित अपने सरकारी आवास ओकओवर में जन समस्याए सुनी और अधिकांश का मौके पर निपटारा किया उन्होंने अधिकारियों को जन शिकायतों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता को समस्यामक्त बनाना सरकार का उददेश्य है और इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं सोलन जिले के दून में हुए जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने की सिरमौर जिले के पच्छाद में सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेंन्द्र सिंह ठाकूर चंबा के भटियात में शहरी विकास व आवास मंत्री सरवीण चौधरी और लाहौल स्पिति में कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने जन सुनवाई की मंडी जिले के करसोग में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज कल्लू जिले के बराण में वन व परिवहन मंत्री गोबिंद ठाकुर हमीरपुर जिले के धंगोटा में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता कीं किन्नौर जिले के कटगांव में पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर कांगड़ा जिले के फतेहपुर में उद्योग मंत्री बिकम सिंह ऊना के हरोली में स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार जबकि बिलासपुर के घुमारवी में रमेश धवाला ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की वहीं शिमला जिले में मशोबरा के निकट कोटी में हुए जनमंच कार्यक्रम में विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने जनसुनवाई की

उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन हो गई है और तथ्यहीन बयानबाजी कर रही है

उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा सरकार प्रदेशहित के लिए कार्य कर रही है और जनता कांग्रेस के दुष्प्रचार से गुमराह नहीं होगी सोनिया गांधी यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी को राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया है बीती रात हुई कांग्रेस कार्यसभिति की बैठक में ये निर्णय लिया गया

प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष चुने जाने पर उन्हें शभकामनाए दी हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कलदीप राठौर ने कहा कि सोनिया गांधी के नेतत्व में कांग्रेस देश मेँ फिर से नई ऊर्जा के साथ उभरेगी उन्होंने कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए पहले भी सोनिया गांधी के प्रयास उल्लेखनीय रहे हैं राठौर ने कहा कि देश को कांग्रेस पार्टी से काफी उम्मीदें हैं और पार्टी को संगठित करने में सोनिया गांधी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है

शिमला ईदगाह के खतीब मौलाना मुमताज अहमद कासमी ने बताया कि ईद उल अज्हा का दिन हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माईल की अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी याद दिलाता है उन्होंने सभी लोगों को ईद उल अज्हा की मुबारकबाद दी है

इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को बकरीद की मुबारकबाद दी है सेब सीजन कांग्रेस पार्टी ने राज्य सरकार पर बागवान विरोधी होने का आरोप लगाया है पार्टी महासचिव रजनीश किमटा ने कहा कि सेब सीजन को लेकर सरकार ने शिमला जिले के ऊपरी क्षेत्रों में कोई प्रख्ता इंतजाम नहीं किए हैं और सड़कों पर घंटों जाम लग रहा है उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की लापरवाही से बागवान अपनी सेब की फसल को समय पर मण्डियों में नहीं पहुंचा पा रहे हैं जिससे उनकी परेशानी बढ़ गई है किमटा ने कहा कि इस बार सेब की रिकॉर्ड फसल हुई है लेकिन संपर्क सड़कों की खस्ता हालत से बागवानों को अपनी फसल को मण्डियों तक पहुंचाने में कठिनाई आ रही है उन्होंने सरकार से ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए अतिरिक्त संख्या में कर्मी तैनात करने की मांग की है धुमल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने आज हमीरपुर के कृष्णा नगर में डे केयर सेंटर का उद्घाटन किया इस केन्द्र में बुजुर्गों के लिए अनेक सुविधाए उपलब्ध करवाई गई हैं

केन्द्र में इनडोर खेलों के अलावा बैठने की उचित व्यवस्था है धूमल ने सोसायटी के प्रयासों की सराहना की